उसे कोरोना वायरस के लिए अलग से बनाये गये आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है वहीं उसके पूरे परिवार की स्क्रीनिंग भी की जा रही है संदिग्ध मरीज के सेम्पल लेकर जांच के लिए पूना स्थित नेशनल वायरोलॉजी लेब भिजवाये जा रहे है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघू शर्मा ने बताया कि यह संदिग्ध रोगी अपनी एमबीबीएस डिग्री पूरी करने के बाद चीन से वापस भारत आया है

गौरतलब है कि केरल हैदराबाद और मुम्बई में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज मिलने के बाद देशभर में अलर्ट जारी कर दिया गया है

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके है

इसका उददेश्य लोगों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करना और देखो अपना देश की भावना पैदा करना है

इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है दर्शकों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा केन्द्र सरकार सभी विद्यार्थियों को बहुआयामी विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण नवाचारी शिक्षा उपलब्ध करायेगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारत के पास सबसे अधिक युवा है और ये क्षमता देश को आर्थिक और वैश्विक महाशक्ति बना सकती है राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं तक जनता की आसान पहुंच के लिए मण्डल ने पिछले दिनों कई तरह के नवाचार किए है और ये नवाचार आगे भी जारी रहेंगे मण्डल आयुक्त पवन अरोडा ने आज आकाशवाणी पर श्रोताओं से सीधे बातचीत में ये जानकारी दी

ब्यूरो की टीमों ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

पकडे गये दोनो तस्कर जोधपुर और पाली जिले के रहने वाले है आरोपियों से तस्करी के काम में लिया जा रहा ट्रेलर भौ जब्त किया गया है उधर श्रीगंगानगर के घडसाना में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से स्मैक बरामद की है प्रदेश में कई स्थानों पर एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है बीकानेर में आज सुबह से रूकरूक कर बारिश हो रही हैं इससे पहले कल रात को बादल छाने और सर्द हवाए चलने से सर्दी का असर बढ़ गया इधर जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भी आज सुबह से रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है